श्री मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ सहित इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की

बारिश के मौसम में मछलियों के प्रजनन के लिए उन्हें संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में आज से पन्द्रह अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

यह बात श्री मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ सहित इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हुए कही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के भार्वी रोडमैप की रणनीति बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विचारों और अनुभवों पर चर्चा की जाएगी

उन्होंने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है उन्होंने कहा कि पिछले क्छ सप्ताहों में विदेश से हजारों भारतीय स्वंदेश लौटे हैं और सैकडों प्रवासी मजदूर अपने गृह नगर पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण का प्रभाव उतना अधिक नहीं है जितना दुनिया के अन्य भागों में देखा जा रहा है

उन्होंने हरेक व्यक्ति से आग्रह किया कि वह मास्क का इस्तेमाल दो गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक एहतियाती उपायों का पालन करें

इन उपायों से ऐसा बुनियादी ढांचा बनाने में मदद मिली है जिससे भारत में बडी संख्यां में लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं श्री मोदी ने सरकार के ऐतिहासिक सुधारों और कृषि अर्थव्यवस्था को बढावा देने का भी जिक्र किया इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्यज साहू कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए प्रधानमंत्री कल पन्द्रह राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए यह संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठा संवाद है रेड ऑरेंज जोन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडो की नई सूची जारी की है कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या इनके दोगुने होने की दर और प्रति एक लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की ताजा स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वर्गीकरण बीते चौदह जून तक की स्थिति के आधार पर किया गया है प्रति सोमवार इसे नये सिरे से वर्गीकृत किया जाएगा आज जारी सूची के अनुसार रायपुर शहर सहित इक्यासी विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है वहीं तैंतालीस विकासखंड ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं

वहीं आज अलग अलग जिलों में नए मरीज भी मिले हैं बलौदाबाजार जिले में तीस नए मरीजों की पहचान की गई है वहीं कोंडागांव में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के दो जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये जवान उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड से लौटे थे क्वारेंटाइन सेंटर में रहने के दौरान ही इनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई इन मरीजों को मिलाकर जिले में अब तक कुल तीन आईटीबीपी के जवान संक्रमित पाए गए हैं उधर नारायणपुर जिले में भी आईटीबीपी के दो जवान पॉजिटिव पाए गए हैं ये दोनों जवान पिछले दिनों गुजरात से लौटे थे इन मरीजों को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में दाखिल कराया गया है इधर महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड स्थित बम्हनी गांव में एक बाईस वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है यह युवक ओड़िशा से महासमुंद आया था गरियाबंद जिले में आज एक और कोरोना मरीज पाया गया है यह युवक रायगढ़ से लौटा था और होम आइसोलेशन में था इससे पहले बीती देर रात भी इस जिले में पांच नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी इस बीच दुर्ग स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इस मामले के सामने आते ही मेडिकल कॉलेज के आईसीयू को सील कर दिया गया है वहीं भिलाई के सेक्टर नाईन अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस विभाग को सील कर दिया गया है साथ ही इस डॉक्टर के संपर्क में रहे अस्पताल के पचास स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारेंटाइन किया गया है

इन मरीजों को केन्द्री रिथत कोविड अस्पताल में भेजा गया है वहीं मुंगेली जिले के क्वारेंटाइन सेंटर में एक बारह साल की बच्ची की मौत हो गई हालांकि इस बच्ची में कोरोना के लक्षण नहीं थे इस बीच दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सौ पीपीई किट दुर्ग जिला चिकित्सालय को प्रदान किए गए हैं

आज तीसरे दिन रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायगढ़ जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हुई है डॉक्टर सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों का आहवान किया कि वे केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की कमियों को घर घर तक पहुंचाय डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशहित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत की संरचना में योगदान देने की शपथ दिलाई वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेण्डी ने भी दुर्ग जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया श्री उसेंडी ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी की उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह तेंद्रपत्ता की खरीदी कम कर वनवासियों के साथ छल कर रही है श्री उसेंडी ने कहा कि राज्य सरकार को आदिवासियों और मजदूरों की चिंता नहीं है यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाएं बाईस जून तक चलेंगी रोका छेका व्यवस्था प्रदेश में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए पशुओं द्वारा खुले में चराई पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाएगा इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी गांवों में पारंपरिक रोका छेका की व्यवस्था उन्नीस जून से लागू करने की अपील की है मुख्य सचिव आर पी मण्डल ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि उन्नीस जून तक सभी गांवों और गौठानों में इस व्यवस्था के लिए बैठकें आयोजित की जाएं इनमें स्थानीय पशुपालक समुदायों द्वारा प्रतिज्ञा ली जाए कि वे अपने मवेशियों को खुले में चरने नहीं देंगे मुख्यमंत्री बीस जून को इस व्यवस्था की स्वयं समीक्षा करेंगे हाथी मौत प्रदेश में आज अलग अलग जिलों में दो हाथियों की मौत होने की खबर मिली है इन्हें मिलाकर बीते एक हफ्ते के दौरान पांच हाथियों की मौत हो चुकी है आज रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन क्षेत्र स्थित गिरीशा गांव में बिजली के तार की चपेट में आकर करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई बताया जाता है कि खंमे से निकालकर बिजली का यह तार खुला छोड़ दिया गया था इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है वहीं दूसरी घटना आज धमतरी जिले के मोंगरी उरपुटी में हुई यह गंगरेल बांध का डुबान इलाका है मिली जानकारी के मुताबिक यहां इक्कीस हाथियों का एक दल विचरण कर था इसी दौरान दलदल में फंसने से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सूरजपुर और बलरामपुर में तीन मादा हाथियों की मौत हुई थी इस मामले में वन मंत्री ने एक उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की इसके अलावा वन विभाग के चार अधिकारियों को निलंबित करते हुए बलरामपुर के डीएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था मत्स्याखेट प्रतिबंधित बारिश के मौसम में मछलियों के प्रजनन के लिए उन्हें संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में आज से मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यह रोक आगामी पन्द्रह अगस्त तक जारी रहेगी इसके तहत विभिन्न जिलों के नदियों नालों सहायक नदियों और तालाबों में भी मछलियों के शिकार पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है इस आदेश का उल्लंघन करने पर एक वर्ष की सजा या दस हजार रूपए का जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है भाजपा नेता हत्या सूरजपुर जिले में बीते तीन दिन से लापता भाजपा नेता शिवचरण काशी का शव आज विशालपुर के जंगल से बरामद किया गया श्री काशी ओड़गी ब्लॉक के पासलगांव से लापता थे उनकी हत्या के आरोप में इस गांव के ही एक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार जमीन विवाद के चलते यह हत्या की गई है माओवादी वारदात बीजापुर जिले में माओवादियों के दो सहयोगियों के अलावा छह माओवादियों गिरफ्तार किया गया है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में बेदरे और कुटरू थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इनमें से दो माओवादियों पर सहायक आरक्षक को अगवा कर हत्या करने का आरोप है वहीं इसी जिले के उसूर थाना क्षेत्र स्थित नडपल्ली के जंगलों से भी एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया यह माओवादी करीब तेरह वर्ष पहले दंतेवाडा जेल से फरार हो गया था इधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्थित कुरखेड़ा क्षेत्र में माओवादियों ने सडक निर्माण कार्य में लगे तीन वाहनों में आग लगा दी दुर्घटना राजनांदगांव जिले में आज एक सड़क हादसे के बाद आग लग जाने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं यह दुर्घटना छुरिया के बम्हनी मार्ग पर उस समय हुई जब पेट्रोल लेकर जा रहे मेटाडोर और मोटर सायकल के बीच आपस में भिंड़त हो गई इसके बाद मेटाडोर में रखा पेट्रोल मोटर सायकल सवारों पर गिर गया इस दौरान चिंगारी उठने से वाहनों में आग लग गई और मोटर सायकल सवार दो व्यक्ति जिंदा जल गए वहीं मेटाडोर चालक सहित दो लोग घायल हुए हैं इसी जिले के पटेवा गांव के पास दो मोटर सायकलों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई वहीं दंतेवाड़ा जिले में बारसूर हाइवे के पास एक ट्रेक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से करीब तीस लोग घायल हो गए हैं घायलों का इलाज दंतेवाड़ा जिला अस्पताल और गीदम उप स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है बताया जाता है कि ये लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे तभी कोरलापाल मोड़ के पास यह हादसा हुआ मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय है इसके प्रभाव से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में बारिश हो रही है मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में औसत बारिश से करीब सड़सठ प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है लगातार बारिश की वजह से कोरिया जिले में हसदेव नदी उफान पर है इसके चलते मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग पर जाम के हालात बने हुए हैं इसी तरह रायगढ़ में भी बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों और नालियों में पानी भर गया है

बताया जाता है कि यह जवान गंभीर बीमारी से पीड़ित था

महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र स्थित बोडेसरा के पास पुलिस ने छह जुआरियों को गिरफ्तार किया है